स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने अरुणाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी इस सदी में मानवता के सामने सबसे बड़ी च्नौती है उन्होंने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तत्काल उचित कदम उठाने की जरुरत पर जोर दिया राज्यपाल ने महामारी की च्नौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का सुझाव दिया उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के खतरे से निपटने के लिए हर नागरिक को सतर्क और जागरुक रहना पड़ेगा राज्यपाल ने वैक्सीन की आपूर्ति ऑक्सीजन के इंतजाम और अन्य मेडिकल जरुरतों के मद्देनजर सभी हितधारकों के बीच समन्वय कायम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर निय्क्त करने का प्रस्ताव दिया उन्होंने कहा कि कोरोना से मुकाबले के लिए किए जा रहे फैसलो से जिला अधिकारियों को प्रतिदिन अवगत कराते रहने की जरुरत है राज्यपाल ने ईस्टर्न आर्मी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से आग्रह किया कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर वह अरुणाचल प्रदेश को ऑक्सीजन सहित अन्य जरुरी मेडिकल सहायता प्रदान करने में मदद करे

इस बैठक में म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि आठ ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा च्के है और ग्यारह अन्य प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की जरुरत को पूरा किया जा सके

इस बैठक के बारे में पत्रकारों से बातचीत में जिला उपाय्क्त तालो पोतम ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि वे कोरोना से मुकाबले में प्रशासन का हर संभव सहयोग करेंगे जिला उपाय्क्त ने कहा कि जिले में कंटेनमेंट जोन बनाने में निर्वाचित नेताओं के सहयोग की जरुरत है

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ बत्तीस हो गई है और रिकवरी दर घटकर इक्यानवे दशमलव एक नौ प्रतिशत रग गई है पिछले चौबीस घंटे में राज्यभर से कोविड जांच के लिए तीन हजार आठ सौ सत्ताईस सैंपल एकत्र किए गए प्रदेश में कोरोना के आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक पैसठ लोअर दिबांग वैली से छब्बीस अंजाव से तेईस लोअर स्बनसिरी से उन्नीस पाप्मपारे से अद्वारह ईस्ट सियांग से चौदह नामसाई से बारह चांगलांग और वेस्ट कामेंग से नौ नौ अपर सियांग और लोहित से सात सात तवांग से छह तिराप से पांच दिबांग वैली से चार वेस्ट सियांग अपर स्बनसिरी और सियांग से दो दो तथा लेपारादा पाक्के केसांग लोअर सियांग और कामले जिले से एक एक मामले शामिल हैं

उन्होंने कहा कि एजेंसियों में भीड़ इकट्ठा होने से कोविड एस ओ पी का उल्लंघन होता है और इससे कोरोना के मामले बढ़ने का खतरा है ए डी सी ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का भी आग्रह किया

इस बैठक में जिला मेडिकल अधिकारी एवं वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया जिला उपाय्क्त ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लगाए गए लॉकडाउन का आज एक सप्ताह बीत च्का है और इसका सकारात्मक असर दिख रहा है उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोग लॉकडाउन को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं उपाय्क्त ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर जिला स्टियरिंग कमेटी विचार करेगी